राजनैतिक सरगर्मियों के बीच प्रदेश में पक्ष विपक्ष की बयानबाजी तेज

राज्य में मानूसन की बारिश का दौर जारी अजमेर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी

इस पर राज भवन द्वारा संसदीय कार्य विभाग को पत्रावली की कमियों से अवगत कराया गया है

इसके अलावा राज्य सरकार को सभी विधायकों की स्वत्रंतता और उनका स्वतंत्र आवागमन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं साथ ही यह भी पूछा गया है कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हुए सत्र कैसे आयोजित किया जाएगा

इससे पहले विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग को लेकर कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने समर्थक विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के साथ राजभवन पहंचे वहां मुख्यमंत्री ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलकर तुरंत सत्र आहूत करने की मांग की इसके बाद राज्य मंत्री मंडल की देर रात बैठक हुई इससे पहले दिल्ली रोड़ स्थित एक होटल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई बैठक से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से रूबरू हए

दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री और विधायकों द्वारा राजभवन में धरना देने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया और प्रतिपक्ष के उप नेता राजेंद्र राठौड़ ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है श्री कटारिया ने कहा कि मुख्यमंत्री और कांग्रेस विधायकों ने सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया है

इस बीच कांग्रेस के बागी विधायकों ने एक वीडियो जारी कर कहा कि उन्हें किसी ने बंधक नहीं बनाया है और वे स्वस्थ हैं विधायक मुरारी लाल मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए अनावश्यक आरोप लगा रहे हैं

इसमें हवाई यात्रा की दूरी के आधार पर किराए की श्रेणियां निर्धारित की गई थी कोरोना महामारी फैलने के बाद मंत्रालय ने घरेलू विमान किराया बढ़ाने पर रोक लगा दी थी और किराए की न्यूनतम और अधिकतम सीमा तय की थी

मौसम केन्द्र जयपुर के प्रभारी निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राजस्थान के ऊपर बने मौसम तंत्र से आज अनेक इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है

पाली में आज सुबह तेज बारिश के समाचार हैं मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार उदयपुर भरतपुर जयपुर अजमेर और कोटा संभाग में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है अजमेर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है